उपायुक्त किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने बताया कि ग्यारह गंभीर रूप से घायलों को हेलिकॉप्टर से विशेष उपचार के लिए जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा है यह दुर्घटना आज सवेरे एक मिनी बस के गहरे खड्ड में गिर जाने से हुई बस केशवान से किश्तवाड़ जा रही थी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित कई नेताओं ने इस दुर्घटना में मारे गये लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है प्रदेश हादसा प्रदेश में भी अलग अलग दुर्घटनाओं में पांच लोगों की मृत्यु हो गई इंदौर से दमोह आ रही कार गढाकोटा के पास एक खड़ी ट्रेक्टर ट्राली से टकरा गई जिसमे दो महिलाओं की मौत हो गई सागर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि इंदौर निवासी मंजू शरीन अपने पति कृष्ण कुमार शरीन के साथ दमोह अपने भाई के अंतिम संस्कार में जा रही थीं इसी दौरान रास्ते में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई वहीं शिवपूरी में सेना का बम फटने से एक महिला सहित उसकी बेटी और नातिन की मौत हो गई घटना पिछौर थाना क्षेत्र के तहत उत्तर प्रदेश सीमा से लगे मसूड़ा गांव की है बताया जा रहा है कि गांव के पास ही सेना का फील्ड फायरिंग क्षेत्र है यहां सेना युद्ध का अभ्यास करती है गांव के लोग इस क्षेत्र में कबाड़ बीनने के लिये जाते हैं मृतक भी कल यहां से कुछ कबाड़ लेकर आए थे इसी में एक जीन्दा बम भी शामिल था

इनमें से तीन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा गया डिजीटल इंडिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया से लोगों का सशक्तिकरण हुआ है भ्रष्टाचार पर प्रभावशाली अंकुश लगा है और गरीब लोगों तक सेवाएं पहुंचाने की व्यवस्था में सुधार हुआ है आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि चार वर्ष पहले आज ही के दिन डिजिटल इंडिया की श्रूआत की गई थी इसका उद्देश्यथ तकनीक का इस्तेमाल और इसे लोगों के लिए सहज उपलब्ध कराना था उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया एक जन आंदोलन है प्रधानमंत्री ने कहा कि वे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रहे लोगों का सम्मान करते हैं और उनके आगे के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं जीएसटी वर्षगांठ सरकार माल और सेवा कर जीएसटी की दूसरी वर्षगांठ पर आज से प्रयोग के तौर पर नई रिटर्न व्यवस्था शुरू कर रही है इसे पहली अक्टूबर से अनिवार्य रूप से लागू कर दिया जायेगा वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के लिए छोटे कर दाताओं के लिए सहज और सुगम रिटर्न का भी प्रस्ताव किया है

कर ब्याज जुर्माना शुल्का और अन्य मदों के लिए अब एक ही नकद लेजर होगा सरकार ने जी एस टी व्यावस्थाए में पिछले दो वर्षो में बहत से सुधार किये हैं जिनमें करों की मात्रा और वस्तेओं को हटाना या जोड़ना शामिल हैं

वित्तर मंत्रालय ने कहा है कि जी एस टी को लाना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक क्रान्तिकारी परिवर्तन रहा इसने जटिल कर ढांचे को आसान और पारदर्शी बनाया जिसमें तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है

नई गाईडलाइन दरो में कमी से रियल स्टेट व्यापार में तेजी आने की संभावना है वहीं इससे कही ज्यादा आम नागरिकों को सम्पत्ति के क्रय विक्रय में भी आसानी होगी साथ ही शासकीय राजस्व में वृद्वि की प्रबल संभावना है

शासन के इस निर्णय से सभी सम्पत्तियों की दरों मे की गई है

सतना शाजापुर धार उमरिया नरसिंहपुर सहित विभिन्न जिलों से भी फैसले के लागू होने के समाचार मिले हैं गैस सिलेण्डर बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग एक सौ रुपए की कमी की गई है अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतों में गिरावट को देखते हए ऐसा किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एक विज्ञप्ति में बताया कि नई दरें आज से प्रभावी होंगी